पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक के बाद प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो सकती है जानकारी के मुताबिक कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से पवन काजल शिमला से धनीराम शांडिल और मंडी से पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम के पौत्र आश्रय शर्मा के नाम पर मोहर लग सकती है वहीं हमीरपुर सीट से सुखविंद्र सिंह सुक्खू अभिषेक राणा और सुरेश चंदेल में से किसी एक नाम पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है मुख्यमंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण तथा उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं वे कल बिलासपुर जिले के घुमारवीं में भाजपा महिला मोर्चा मंडल के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने पिछले पांच वर्षो में नारी शक्ति के सम्मान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं जिनके अच्छे परिणाम सामने आए हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोगों के साथ झूठे वायदे कर उन्हें गुमराह किया है किशन कपूर उधर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर ने कल चंबा जिले में चुराह विधांनसभा क्षेत्र के तीसा में चुनाव प्रचार किया

डीसी चंबा चम्बा के जिला निर्वाचन अधिकारी हरिकेश मीणा ने जिले के सभी सहायक निर्वाचन अधिकारियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं चम्बा में कल एक बैठक में उन्होंने इस बारे में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जागरूक करने की जरूरत बताई और उन्हें सुविधा एप की जानकारी देने को भी कहा

पर्यवेक्षक बैठक लोकसभा चुनाव को देखते हुए किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में कल चुनाव व्यय पर्यवेक्षकों की एक बैठक हुई बैठक में बताया गया कि जिले में उड़न दस्तों और अन्य आवश्यक टीमों का गठन कर लिया गया है इस अवसर पर सहायक निर्वाचन अधिकारी सुरेन्द्र ठाकुर ने बताया कि उम्मीदवारों को चुनाव खर्चो के लिए नामांकन करने से पहले अलग बैंक खाता खोलना होगा उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए निर्वाचन व्यय निगरानी प्रणाली स्थापित की है मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दिन की शुरूआत खिली धूप के साथ हुई है मौसम साफ रहने पर जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में सड़कों सहित विद्युत व्यवस्था सुचारू करने का कार्य जारी है केलंग स्थित बिजली बोर्ड कार्यालय के अधिशासी अभियंता विक्रम राणा ने बताया है कि ग्लेशियर के उपर पोल व बिजली की तारें बिछाकर विद्युत व्यवस्था सुचारू बनाई जा रही है ऐसे में उन्होंने बिजली लाईन के आसपास से गुजरने वाले लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है इस बीच मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के निचले इलाकों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा और मध्यम व उंचाई वाले कुछ स्थानों पर वर्षा व हिमपात की सम्भावना जताई है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है हमीरपुर से सुक्खू का नाम हुआ आगे चंदेल की एंट्री में फंसा पेच दैनिक जागरण के शब्द हैं सुक्खू पर वीरभद्र का पेंच इस्तीफे की धमकी पंजाब केसरी ने लिखा है काजल आश्रय व शांडिल पर बनी सहमति हमीरपुर में फंसा पेंच आपका फैसला का कहना है भारी माथापच्ची के बाद चारों कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम तय हिमाचल दस्तक लिखता है बैठकों में बैठी रही कांग्रेस चारों सीटों पर नहीं हुआ फैसला दैनिक भास्कर के अनुसार हिमाचल की तीन सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी तय हमीरपुर में अभिषेक राणा सबसे मजबूत दावेदार प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को दिव्य हिमाचल ने शीर्षक दिया है हिमाचल में सुप्रीम कोर्ट से पूछे बिना नहीं कटेंगे पेड़ दैनिक जागरण का शीर्षक है पेड़ कटान पर सुप्रीम आदेश में ढील नही जबकि हिमाचल दस्तक का कहना है हिमाचल में पेड़ कटान पर पूरी तरह से प्रतिबंध साइबर काइम से जुड़ी खबर पर दैनिक भास्कर ने लिखा है फेसबुक के ब्लॉक अकाउंट से भी डाली जा सकती है पोस्ट हो सकता है गलत इस्तेमाल आपका फैसला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है अनिल शर्मा भाजपा के सदस्य करेंगे चुनाव प्रचार दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है अनिल भाजपा के सदस्य भाजपा के लिए मांगेंगे वोट